प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी को केन्द्र में नई सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया है

राष्ट्रपति ने मोदी से राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तिथि और समय की जानकारी देने को भी कहा हैं नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र में नई सरकार के गठन का दावा किया था उन्होंने देश की जनता को आश्वस्त किया कि नई सरकार उनके सपनों और अपेक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार तेज़ी से काम करना शुरू कर देगी नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्वति में और अधिक अनुसंधान की ज़रूरत पर बल दिया है हरियाणा के कुरूक्षेत्र में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्वति अध्यात्मवादी संस्कृति की देन है और हज़ारों वर्ष पहले भारतीय ऋषियों ने इसकी रचना की राज्यपाल ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संगठन इस प्राचीन पद्धति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने कहा कि एलोपैथी की तर्ज पर आयुर्वेद पर व्यापक अनुसंधान नहीं हुआ है और इसी कारण इसका पूरा लाभ नहीं लिया जा सका आचार्य देवव्रत ने युवा चिकित्सकों से आयुर्वेद पर गहन अनुसंधान करने का आह्वान किया अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि लोकसभा च्नाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए वर्तमान समय चुनौतीपूर्ण है लेकिन पार्टी मंथन कर निश्चित रूप से नई ऊर्जा व उत्साह के साथ वापसी करेगी एक बयान में उन्होंने कहा कि देश की जनता ने जो जनादेश दिया है कांग्रेस पार्टी उसका सम्मान करती है मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में फैसला आया है और उसे लोगों से किए वायदे पूरे करने चाहिए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कई नेता अभी से ही इस जनादेश पर आभार के स्थान पर अहंकार जैसा व्यवहार दर्शा रहे हैं विपक्ष के नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक टीम के रूप में चुनाव लड़ा लेकिन आशा के अनुरूप परिणाम न आने पर कार्यकर्ताओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस नेतृत्व हर स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेगा और जुरूरी निर्णय लिए जाएंगे अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों महिलाओं युवाओं सहित विकास के मुद्दों को पुरज़ोर ढंग से उठाती रहेगी भेंट प्रदेश के चारों नवनिर्वाचित सांसदों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड़डा से भेंट की बाद में उन्होंने पूर्व सांसद व वरिष्ठ नेता शांता कुमार से भी मुलाकात की डाक अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संगठन का एक सम्मेलन आज शिमला में हुआ जिसमें डाक कर्मियों की समस्याओं व मांगों पर चर्चा की गई प्रदेश डाक कर्मचारी परिमण्डल संगठन के सर्कल सचिव प्रेम प्रकाश मैहता ने बताया कि डाक विभाग में खाली पड़े पदों पर भर्ती करना ग्रामीण इलाकों में पोस्टमैन के खाली पद भरना और पुरानी पैंशन योजना को लागू करना डाक कर्मियों की मुख्य मांगें हैं उन्होंने कहा कि इन मांगों को प्रमुखता से केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा

उल्लेखनीय है कि इस मार्ग पर फोरलेन कार्य के चलते चटटाने गिरने का क्रम लगातार जारी है जिससे लगातार यातायात बाधित हो रहा है

आईटीबीपी और पुलिस के जवानों ने इन ट्रैकरों को सुरक्षित सांगला पहुंचाया ये ट्रैकर मुम्बई और कोलकाता के रहने वाले हैं पैराग्लाइडिंग चम्बा ज़िले की पर्यटन नगरी खजियार में गैर कानूनी तरीके से पैराग्लाइडिंग शुरू हो चुकी है हालांकि प्रशासन ने पैराग्लाइडिंग पर रोक लगाई है लेकिन कई लोग नियमों को दरकिनार कर पैराग्लाइडिंग करवा रहे हैं खजियार में कोई भी पैराग्लाइडिंग संस्था पंजीकृत नहीं है और लोगों की जान जोखिम में डालकर पैराग्लाइडिंग करवाई जा रही है उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि फिलहाल किसी भी संस्था को पैराग्लाइडिंग कराने की अनुमति नहीं दी गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी उन्होंने कहा कि प्रशासन ने मैहला गांव में पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग के लिए एक स्थल चिन्हित किया है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है

हालांकि जनजातीय ज़िलों में सुबह शाम मौसम ठण्डा बना हुआ है लाहौल स्पीति ज़िले के अनेक स्थानों पर आज हल्की ब्रंदाबांदी हुई मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिन मौसम साफ रहने की संभावना जताई है

शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच के साथ कई प्रकार के टैस्ट भी करवाए गए क्षेत्र की महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई विधिक साक्षरता चम्बा ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज खजियार पंचायत में एक विधिक साक्षरता शिविर लगाया जिसमें लोगों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई